इंदौर जिले में विशेष तौर प्रर कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है

उधर ग्वालियर में दिल्ली से बहोड़ा र निवासी की रि ोर्ट कोरोना ॉजिटिव ई है

उधर ग्ना जिले में अब तक कोरोना का एक भी प्रकरण सामने नहीं थ या है दमोह जिले में कल सभी रि ोर्ट निगेटिव मिली है केन्द्र शासन मदद भारत सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभिलक्ष्य लिखी ने कहा कि इंदौर को केंद्र सरकार से कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई के लिए विषेष थि र्थिक सहायता और मदद दिलवाई जाएगी

कल जिले के सांसद शंकर लालवानी विधायकगण अधिकारियों और सामजिक व धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में श्री लिखी ने कहा कि जिला प्रशासन कोरोना वायरस से नि टने के लिये बहत अच्छे प्रयास कर रहा है इन प्रयासों में लिस स्वास्थ्य ँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सहयोग सराहनीय है केन्द्रीय दल प्रभारी अभिलक्ष्य लिखी ने केन्द्र सरकार से इंदौर को श्याप्त संसाधन म्हैया कराये का श्वासन देते हए कहा कि इंदौर में कोरोना वायरस के संबंध में जागरूकता लाने के लिये विशेष अभियान चलाया जायेगा उन्होंने जिला प्रषासन को लॉकडाउन खुलने और न ख्लने दोनों ही स्थिति के लिए अलग अलग योजना बनाकर उसके व्या क प्रचार के निर्देष भी दिए

प्रधानमंत्री और म्ख्यमंत्रियों के साथ ऐसी ही वीडियो कांफ्रेंस देशव्यापी लॉकडाउन ब ाने से हले हई थी

श्यो र से हमारे संवाददाता ने बताया है कि चंबल संभाग के श्यो र म्रैना और भिंड के जिलो के छात्रों का श्योपुर बॉर्डर स्थित जलालपुरा चौकी ार शह्चने ार प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वागत किया इन तीनो जिले के बच्चों की स्क्रीनिंग कराई गई साथ ही भोजन कराया जाकर बच्चों को उनके गंतव्य स्थान प्र शह्चाने की व्यवस्था की गई उधर गुना अशोकनगर विदिशा उमरिया शहडोल कटनी दमोह अन् र और सागर के फंसे छात्र छात्राओं को लेकर बसे ग्ना की जेपी यूनिवर्सिटी हृंची जहां सभी की जांच की गई इन बच्चों ने घर वा सी की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद दिया

उन्होंने कोरोना संबंधी इलाज में चिरायु अस्पताल की व्यवस्थाओं की सराहना की

कल घर लौट रहे कोरोना मुक्त लोगों में लिस के जवान स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर कर्मचारी तथा अन्य लोग शामिल हैं